बाद में जेपी नड्डा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के दौरान जोखिम संचार पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का श्भारम्भ भी करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शिमला में शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे इस सम्मेलन में देश के नौ राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भाग लेंगे संत निरंकारी मण्डल निरंकारी मिशन के सतगुरू बाबा हरदेव सिंह की पुण्य तिथि कल समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई इस मौके संत निरंकारी मिशन के अनुयायियों ने प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर मानव कल्याण के लिए बाबा हरदेव सिंह द्वारा किए गए कार्यों को याद किया धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में मिशन के क्षेत्रीय प्रभारी दुनी चंद ने बाबा हरदेव सिंह की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई है जिला कुल्लू व लाहुल स्पिति में बीती रात कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई जबकि धर्मशाला व चम्बा में बादल छाए हुए हैं कल दोपहर बाद अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के बीच वर्षा होने से मौसम सुहावना हो गया है

अब एक नजर अखबारों की सर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने दुर्घटनाओं एवं कसौली गोलीकांड में घायल की मृत्यु की खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं राजगढ़ में गिरी प्राइवेट बस आठ की गई जान ठियोग में एक ही परिवार के छह लोगों को निगल गई खाई

कसौली गोलीकांड पर अमर उजाला का शीर्षक है महिला अफसर शैल बाला के बाद अब घायल बेलदार ने भी दम तोड़ा बारह दिन से पीजीआई चंडीगढ़ में थे उपचाराधीन दैनिक जागरण व हिमाचल दस्तक की सुर्खी है कसौली गोलीकांड में जख्मी बेलदार की मौत जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं गेस्ट हाउस मालकिन के बेटे की गोली से जख्मी पीडब्ल्यूडी कर्मी की मौत मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स ने सुर्खी दी है यूपीए सरकार में बड़े पैमाने पर हुआ भ्रष्टाचार पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दायर होने से पुख्ता हुए सबूत फसलों पर फिर बरसे तबाही के ओले शीर्षक से अमर उजाला लिखता है किसानों को भारी नुकसान खेतों में भीगी गेहूं आज भी चेतावनी जारी दैनिक भाषकर की सुर्खी है आज तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बारिश व तूफान का दौर जारी रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हिमाचल दस्तक की एक खबर है उद्योगों को बिना टेंडर मिलेंगे बिजली प्रोजेक्ट अपने प्रयोग के लिये बिजली बनाने का विकल्प देगी सरकार अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय और कितने हादसे में लिखता है चालकों के लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और सख्त बनानी होगी ताकि ऐसे लोगों के हाथ में वाहन हो जो उसे किसी भी हालात में चलाने में सक्षम हो दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखता है अब जबकि बाथू की लड़ी मुखातिब है तो पुनः प्रश्न उठता है कि इस धरोहर को सलामत रखने के लिये कुछ तो करना होगा चंद पर्यटकों का आगमन या चित्रों के आदान प्रदान तक सिमट गई बाथू की लड़ी को संरक्षण चाहिए